विधानसभा में पिछले कई वर्षो की परंपरा के अनुरूप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को जाता रहा है लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के च्नाव में अपने उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद प्रजापति की जीत के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए विधायक हिना कांवरे को मैदान में उतारा है सुश्री कांवरे ने आज विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस विधायक मौजूद थे वहीं भाजपा की ओर से जगदीश देवड़ा ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा मध्यप्रदेश की नवगठित पंद्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है

विस श्रद्धांजलि मध्यप्रदेश विधानसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी समेत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने श्री वाजपेयी श्री चटर्जी समेत चौदह दिवंगत नेताओं के निधन का उल्लेख करते हुए सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री कमलनाथ विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत विभिन्न सदस्यों ने श्री वाजपेयी और अन्य दिवंगत नेताओं के योगदान का जिक्र करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की इसके उपरांत सदन में दो मिनट का मौन रखा गया हड़ताल विभिन्न ट्रेड यूनियनों की दो दिनी हड़ताल के चलते आज दूसरे दिन भी प्रदेश में बैंकों बीमा दरसंचार आयकर कार्यालयों और डाकघरो में कामकाज प्रभावित रहा युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक वी के शर्मा ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों और अन्य स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है हड़ताल के दौरान बैंककर्मियों ने रैली और सभाओं का आयोजन किया बाल श्रवण बाल श्रवण योजना के प्रकरण अब जिला स्तर पर ही स्वीकृत होंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान श्रवण बाधित बच्चों को कॉकलियर इम्प्लान्ट के लिये चिन्हित किया जाता है इन बच्चों का शासकीय चिकित्सा महाविदयालय रीवा इंदौर जबलप्र एवं शासकीय जिला अस्पताल जबलपुर तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में इम्प्लांट करवाया जाता है

स्वास्थ्य मंत्री तलसीराम सिलावट ने योजना के सरलीकरण के आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिये हैं अभी तक प्रकरण को जिला स्तर से स्वीकृति के लिये संभाग स्तर पर तकनीकी समिति को भेजा जाता रहा है अनावश्यक समय को कम करने के लिये यह निर्णय लिया गया है

मौसम प्रदेश में शीतलहर बनी हुई है कल प्रदेश में सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया

इंदौर होशंगाबाद और उज्जैन संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किये गये भोपाल में न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा अगले दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है राजधानी भोपाल में भी बीती रात हल्का कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से ठंड का असर और बढ़ गया

प्रतियोगिता में रीवा जबलपुर सागर जबलपुर केंद्रीय कार्यालय ग्वालियर उज्जैन इंदौर बिरसिहंपुर और अमरकंटक की टीमें भाग ले रही हैं

इस संबंध में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये हैं